पीएम मीटिंग प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित मुख्यमंत्रियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिग में मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि प्रधानमंत्री के समय पर लिए गए साहसिक निर्णय से देश आज ख्द को स्रक्षित महसूस कर रहा है म्ख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को अवगत कराया कि लॉकडाऊन के दौरान राज्य का कोई भी गरीब व्यक्ति भूखा नहीं सोया है राज्य सरकार के साथ ही सामाजिक स्तर पर इसकी व्यापक व्यवस्था की गई है

मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में श्रमिक कानूनो में सुधार किया गया है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की दिशा में भी पहल की गई है उन्होंने राज्य में करीब ढाई लाख एमएसएमई उद्योग से ज्ड़े लोगों को राहत देने के लिए विचार करने का आग्रह किया

देहरादून में नोडल अधिकारी शैलेश बगोली आज प्रेसवार्ता में बताया कि राज्य में प्रवासियों का आना जारी है और सभी यात्रियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है

प्रदेश में कोरोना संक्रमण का एक और नया मामला सामने आया है

प्रवासी नैनीताल उत्तराखण्ड में प्रवासियों को लाने वाली पहली ट्रेन कल देर रात काठगोदाम पहुंची

काठगोदाम स्टेशन पर ट्रेन के हर डिब्बे को अलग अलग खोला गया नैनीताल के जिलाधिकारी सविन बंसल बताया कि यात्रियों के स्वास्थ्य परीक्षण के बाद उनके गृह जिलों को भैजा गया है मैदानी क्षेत्रों के प्रवासियों को पहले और पर्वतीय क्षेत्रों के प्रवासियों को बाद में भेजा गया

सभी लोग अपने राज्य वापस पहंचकर बेहद ख्श हैं

यहां आने पर सभी लोगों का पंजीकरण किया गया और अलग अलग बसों से उनके गृह जिलों के लिए रवाना किया गया श्रमिक एक्सप्रेस से दोपहर करीब साढ़े तीन बजे हरिदवार पहंची जिसमें अल्मोड़ा चमोली देहरादून पौड़ उत्तरकाशी पिथौरागढ़ चंपावत नैनीताल और बागेश्वर के यात्री शामिल थे जिलाधिकारी श्री रविशंकर ने बताया इन यात्रियों के आवागमन की आगमन की पूरी तैयारियां कर ली गई थी रेलवे स्टेशन पर अलग अलग काउंटर बनाकर इन लोगों का पंजीकरण किया गया घर लौटे प्रवासियों ने सरकार का धन्यवाद करते हूए बताया की ट्रेन के सफर में भी उन्हें किसी प्रकार की अस्विधा नहीं हुई

इन लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण करने के बाद उन्हें होम क्वारंटीन और स्विधायक्त क्वारंटीन के लिए भेजा गया है

इनके पहंचने पर डाक्टरों की टीम द्वारा सभी का स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है वहीं पूर्ति विभाग बाहर से आने वाले लोगों को फूड पैकेट दिला रहा है केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा प्रवासियों को घर वापसी पर लौटने वाले यात्री भी संतुष्ट नजर आए